प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए

उन्होंने लोगों से जहां तक संभव हो घर से काम करने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने का आग्रह किया श्री मोदी ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए जरूरी उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में ज़रूरत से अधिक खरीदारी नहीं करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले विकासशील देश में इस संक्रमण से निपटना आसान नहीं होगा उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम के लिए संकल्प और संयम अनिवार्य हैं

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए यह बहत जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस हमारे लिए एक नई चुनौती लेकर आया है इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है उन्होंने बताया कि बिजली पानी हेल्थ सेनिटेशन परिवहन जैसी आवश्यक स्विधाएं पहले की तरह ही उपलब्ध हैं खाद्यान्न तेल सब्जियां फल पेट्रोल डीजल आदि रोजमर्रा की जरूरतों की सप्लाई में भी किसी तरह की कमी नहीं है आगे भी सभी आवश्यक वस्त्ओं और सेवाओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी रविवार को जनता कर्फ्यू को सफल बनाने का आहवान किया है पर्यटकों पर रोक उत्तराखंड में सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर अग्रिम आदेश तक प्री तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके

यह एडवायजरी इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है कि ब्ज्र्गों और छोटे बच्चों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का अधिक प्रभाव देखने को मिला है एफआरआई लॉकडाउन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दो और आईएफएस प्रशिक्षुओं में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि होने के बाद वन अन्संधान संस्थान परिसर एफआरआई को प्री तरह लॉकडाउन कर दिया गया है स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ अमिता उप्रेती ने दो और आईएफएस अधिकारियों में कोरोना की पृष्टि के तत्काल बाद ही आदेश जारी कर दिए थे देहरादून के जिलाधिकारी आशीष क्मार श्रीवास्तव ने एफआरआई गेट का मुआयना किया आदेश के तहत अग्रिम आदेशों तक ना कोई बाहरी व्यक्ति एफआरआई परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ना ही कोई व्यक्ति परिसर से बाहर आ सकेगा दोनों कोरोना संक्रमित प्रशिक्षु आईएफएस का द्र्न अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ईलाज किया जा रहा है उधर संस्थान प्रबंधन ने भी आवासीय परिसर हॉस्टल और अन्य जगह रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों छात्र छात्राओं और शोधार्थियों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि रोजमर्रा की चीजें संस्थान के ऑफिसर्स क्लब में ही उपलब्ध करा दी जाएंगी संक्रमण से बचाव भारतीय चिकित्सा संघ के पूर्व महासचिव डॉ नरेन्द्र सैनी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए घर जाते ही कपड़े बदलना बहुत जरूरी है

जिला प्रशासन ने भीड एकत्रित होने पर रोक लगा दी है सभी धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धाल्ओं को सम्ह में इकट्ठा न होने देने के निर्देश दिये गए हैं कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाली बैठकों में भी अब कर्मचारियों को एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर बैठने के निर्देश दिए गए हैं

जिलाधिकारी रंजना राजग्रु ने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम को सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है गरुड़ कपकोट बागेश्वर काफलीगौर कांडा दुग नाक्री आदि तहसील क्षेत्रों में क्छ वाहनों का संचालन किया जा रहा है इन वाहनों के माध्यम से आम जनता को कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम की जानकारी दी जा रही है

साथ ही देशी विदेशी पर्यटकों के ठहरने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है पीएम वीडियो कांफ्रेसिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर देशभर के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग की उन्होंने सभी प्रदेशों से कोरोना वायरस से बचने के लिए उठाए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली उन्होंने सभी राज्यों को चिंता नहीं करने को कहा है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी के साथ खड़ी है उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है इस दौरान म्ख्यमंत्रियों से सुझाव भी लिए और यह भी जाना कि उनके स्तर पर क्या तैयारियां की जा रही हैं

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है